चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं ने लीं चुनावी सभाएं सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में तीन जवान घायल च्नावी शोर थमा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम थम गया इसके बाद प्रत्याशी सिर्फ व्यक्तिगत प्रचार और घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं दूसरे चरण में बहत्तर विधानसभा क्षेत्रो में परसों बीस नवंबर को मतदान होगा इसके लिए कुल उन्नीस हजार दो सौ छयानवे मतदान केन्द्र बनाए गए हैं इन विधानसभा क्षेत्रों में एक हजार उनयासी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जिनमें से एक सौ उन्नीस महिलाएं हैं सबसे अधिक छयालीस प्रत्याशी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हैं जबकि सबसे कम छह प्रत्याशी बिद्रानावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतदान होने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कोन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की छह सौ से अधिक कंपनिया तैनात रहेगी मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक दूसरे चरण में एक करोड़ तिरपन लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इनमें सतहत्तर लाख छियालीस हजार पुरूष छिहत्तर लाख अड़तीस हजार महिला और नौ सौ चालीस तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं प्रदेश मे दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं प्रथम चरण में अट्ठारह सीटों के लिए बारह नवंबर को मतदान हुआ इसमें छिहत्तर प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया प्रदेश में कुल नब्बे विधानसभा क्षेत्र हैं पहले और अंतिम दोनों चरणों के मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा एक साथ ग्यारह दिसंबर को होगी मतदान दल तैयारी राज्य में विधानसभा चूनाव के दूसरे चरण के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वहीं मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों का गठन भी कर लिया गया है इन दलों को निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिए कल सुबह उन्नीस नवंबर को रवाना किया जाएगा इसके लिए स्थानीय केन्द्रों से विधानसभावार सामग्री का वितरण किया जाएगा

मतदान केन्द्रवार आवंटित ईव्हीएम रेंडमाईजेशन कर उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है उन्होंने बताया कि कल वीवीपैट मशीनों का जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान शंकर नगर जेआर दानी शासकीय कन्या विद्यालय कालीबाड़ी तथा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार से चुनाव सामग्रियों का वितरण किया जाएगा चुनाव प्रचार आज बहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दीं विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश में चुनावी सभाएं लीं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महासमुंद जिले के बेमचाभाटा मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया वहीं केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह धरमजयगढ़ और तखतपुर जबकि केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जशप्र तथा नवागढ़ में भाजपा प्रत्याशियों की पक्ष में चुनावी सभाएं ली इसी तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मनेन्द्रगढ़ कोटा बेलतरा पामगढ़ साजा और अभनपुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटगांव बेमेतरा और भाटापारा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में आज विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया बातों बातों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आज आकाशवाणी पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में परसो बीस नवंबर को होने वाले मतदान के संबंध में की गई व्यापक तैयारियों की जानकारी देंगे आकाशवाणी रायपुर से हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत श्री साहू की भेंट वार्ता का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की इस भेंट वार्ता को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहट्ज पर सुना जा सकेगा प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे निर्वाचन आयोग नगदी जब्त छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में शराब और अन्य मादक द्रव्यों के अवैध करोबार पर कड़ी निगाह रखी जा रही है इसी कड़ी में सभी जिलों में चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान आयोग द्वारा गठित उड़नदस्तों ने अब तक ग्यारह करोड़ पच्यासी लाख इंक्यावन हजार रूपए की अवैध वस्तुओं की जब्ती की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा गठित उडनदस्तों ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है बीते सोलह नवंबर तक चार करोड़ सैंतालीस लाख तेरह हजार रूपए से अधिक की अवैध राशि बरामद की गई है वहीं सत्तर हजार छह सौ इक्यासी लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई है जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ तीस लाख पंद्रह हजार रूपए हैं इसके अलावा इस अवधि में बाईस किलो नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं साथ ही जांच के दौरान उनतीस लाख तेरह हजार रूपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण और अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी जब्त किया गया है अधिकारियों ने बताया कि इन सबके अलावा अवैध लैपटॉप वाहन साड़ी और प्रेशर क्कर भी जब्त किए गए हैं जिनकी अनुमानित कीमत पांच करोड़ सतहत्तर लाख रूपए से अधिक की है राष्ट्रीय मीडिया सम्मान भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मीडिया सम्मान से सम्मानित करेगा इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मीडिया संस्थानों से तीस नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किये हैं आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मीडिया संस्थान चार अलग अलग वर्गो में आवेदन कर सकते हैं इसके तहत आम लोगों में मतदाता शिक्षा जागरूकता मतदान के महत्व और प्रासंगिकता को समझाने के लिए उनके संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों तथा अभियानों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेज सकते हैं अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों और अनुशंसाओं को आयोग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा निर्णायक मंडल द्वारा चयनित संस्थानों को अगले वर्ष दो हजार उन्नीस में पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा यह सम्मान चार वर्गों में दिए जाएंगे इनमें प्रिंट मीडिया टेलीविजन रेडियो और तथा ऑनलाइन सोशल मीडिया समूह शामिल हैं प्रत्येक वर्ग में एक पुरस्कार दिए जाएंगे जूरी द्वारा विजेताओं के चयन के लिए मापदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं माओवादी विस्फोट सुकमा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में तीन जवान घायल हो गए हैं घायल जवानों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भेज्जी थाना क्षेत्र से जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान एलाड़मड़ग् के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर दिया

घायल जवानों को लाने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम घटनास्थल के लिए रवाना की गई है देवउठनी एकादशी कल देवउठनी एकादशी है प्रदेश में इसे जेठौनी और छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है इस दिन घरों को दीये और आकर्षक रोशनियों से सजाया जाता है इस मौके पर घरों में तुलसी और भगवान शालीग्राम का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है